उत्तर प्रदेश आज अपना उन्हत्तरवां स्थापना दिवस मना रहा है इस अवसर पर मुख्य समारोह आज लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित किया गया समारोह में राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश सरकार के मंत्रिगण सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश की गणना अब सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में की जा रही है उन्होंने कहा कि लोगों का योगी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार विकास योजनाएं संचालित कर रही है समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के अन्तर्गत बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ साथ विश्वकर्मा सश्रम सम्मान योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार आने वाले समय में बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार स्वालम्बन और नौकरी की अनेक संभावनाओं को विकसित करने में समर्थ होगी

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा सश्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में परम्परागत कारीगरों के लिये प्रस्कारों की भी घोषणा की उन्होंने पहले चरण में आज पन्द्रह सौ कारीगरों को टूल किट वितरित किये इसके साथ ही उन्होंने खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एक सौ तिरानवे खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया

आज लखनऊ में पत्रकारों से बातचोत करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा देश को लगातार आगे बढ़ाने के अभियान में लगी हुई है सरकार ने वर्षो से लम्बित या फिर बंद पड़ी योजनाओं पर तेजी से कार्य शुरू कराया है एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा के राजनीति में प्रवेश के बावजूद भाजपा प्रदेश में अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं करेगी उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा की निय्क्ति कांग्रेस का अंदरूनी मामला है केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि सरकार ने बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाये हैं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 श्रीमती गांधी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रही थीं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 केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और यूवा मामले मंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ ने आज कहा कि राष्ट्र निर्माण का काम सरकार और नागरिकों के प्रयास से ही संभव है और इसके लिए सभी को एकसाथ मिलकर काम करना होगा हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है उसी संविधान में लिखा हुआ है तो हर नागरिक को ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि जहां हमें वो संविधान फ्रीडम व एक्सप्रेशन देता है तो वही संविधान हमारे पर एक जिम्मेदारी भी रखता है और बड़ी सरल जिम्मेदारी है वो कि हम जो भी काम करें हम जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हों किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों अपनी तरफ से बेहतरी से काम करें श्री राठौड ने आज नई दिल्ली में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता में कहा कि राष्ट्र निर्माण एक जिम्मेदारीपूर्ण काम है उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीक जो देशभक्ति की भावना जगाते हैं का भारत जैसे विविधता वाले देश में बड़ा ही महत्व है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

मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगन्नाथ सहित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अतिथियों ने आज प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आचमन कर मंदिरों में पूजा अर्चना की सभी अतिथियों ने संगम स्थित अक्षयवट सरस्वती कूप और हनुमान मंदिर के भी दर्शन किये इस दौरान उन्हें कुंभ मेला क्षेत्र में स्थापित संस्कृति ग्राम तथा कलाग्राम में भारतीय संस्कृति और कला से रूबरू कराया गया अतिथियों ने कुंभ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जम कर तारीफ की प्रवासी भारतीयों के प्रयागराज भ्रमण के दौरान प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनके ठहरने के विशेष इंतजाम किये गये थे इससे पूर्व प्रवासी भारतीय वाराणसी से नब्बे बसों में तीन समूह में आज सुबह प्रयागराज पहुंचे थे हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज रात सभी प्रवासी भारतीय दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिये तीन विशेष रेलगाड़ियों से प्रयागराज से दिल्ली के लिये रवाना हो जायेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए ई वी एम और मतदान पुष्टि पर्ची वी वी पैट का इस्तेमाल जारी रखेगा श्री अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में चुनाव विषय पर आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह बात कही

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा इरादा बैलेट पेपर प्रणाली की तरफ वापस लौटने का नहीं है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 प्रधानमंत्री अगले सप्ताह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के एक अन्य सत्र में विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे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

आकाशवाणी संवाददाता के साथ बातचीत में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कार्यक्रम के इस सत्र का स्वरूप वैश्विक होगा क्योंकि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे छात्र के साथ साथ पैरेंट और टीचर्स की भी भूमिका है तो उनके साथ भी संवाद हुई इसलिए इस बार की विशेषता है कि छात्र अध्यापक एवं अभिभावक तीनों से संवाद होगा और वह तीनों संवाद के लिए लोग जो चने गए वह एक कॉम्पेटिशन अरेंज की थी एक लाख लोगों ने उस कॉम्पेटिशन में भाग लिया और उसमें जो पहले दो हजार नम्बर है वो दो हजार लोगों को वहां बुलाया है तालकटोरा स्टेडियम में उच्चतम न्यायालय ने अनुस्चित जाति जनजाति एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है अधिनियम में एससीएसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दने का प्रावधान रखा गया है

पीठ ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश द्वारा पुनर्गठित पीठ को भेज दिया है